देश में ही निर्मित स्कारपीन श्रेणी की दूसरी पनड़ब्बी आई एन एस खंडेरी का मुंबई में जलावतरण करने के बाद श्री सिंह ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा सेनाओं की जरूरते पूरी करने के लिए वचनबद्व है

उन्होंने कहा कि आई एन एस खंडेरी उसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है

देश के साथ साथ प्रदेश में भी उनको याद किया जा रहा है उनकी वीरता और साहस को कोई भुला नहीं सकता इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगत सिंह की वीरता साहस और देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनका बलिदान हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह वीरता और बलिदान के पर्याय हैं और उनके साहसी कार्य लाखों लोगों को प्रेरित करते रहे हैं उन्होंने कहा कि भगत सिंह युवाओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं आयोग दौरा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव क्मार प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं वे आज इंदौर में केन्द्र की स्मार्ट सिटी अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं में चल रहे कार्यो की समीक्षा करेंगे साथ ही इंदौर के होटल रेडिसन में सम्बंधित परियोजनाओं के विभाग की बैठक में भाग लेंगे

इस अवसर पर श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं होशंगाबाद की नर्मदा नदी के तटों और घाटों पर श्रद्वाल् नर्मदा में स्नान कर अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं जबलपुर के भेडाघाट नरसिंहपुर के बरमान और पिपरिया के साडिया में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन पुलिस और नगरपालिका ने नदी के घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं की हैं खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शनिश्चरी अमावस्या जिले में भी परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है इस दौरान श्रद्वाल् शनि मंदिरों में तेल स्नान और अभिषेक कर रहे हैं उधर उज्जैन में तेज बारिश की वजह से कलेक्टर ने श्रद्वालुओं को त्रिवेणी रामघाट सिद्धवट और अन्य घाटों पर स्नान के लिए प्रवेश पर रोक लगाई है वैकल्पिक व्यवस्था में श्रद्धालु फ्व्वारों से स्नान कर पूजन कर रहे हैं किशोर क्मार सम्मान प्रदेश सरकार अभिनेत्री वहीदा रहमान और निर्देशक प्रियदर्शन को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित करेगी

वहीं मंचीय कविता के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान कवि अशोक चक्रधर को दिया जाएगा

इस अवसर पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मौजूद रहेंगे